इस मौके पर उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राममय है और दुनियाभर में रामनाम की गूंज है

इससे पहले श्री मोदी ने श्रीहनुमानगढी मंदिर के दर्शन किये भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया गया अयोध्या में राममंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह को देखते हुए प्रदेश में भी हर्ष व्याप्त है इस अवसर पर बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात ओरछा सहित आगरमालवा शहडोल नीमच नरसिंहपुर धार और टीकमगढ़ जिलों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं मंदिरों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई है

उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राम हमारे अस्तित्व आराध्य और प्राण हैं जिनका नाम जपने से दुःखों का अंत और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं उन्होंने कहा आज के इस ऐतिहासिक अद्वितीय कल्याणकारी और शुभ दिन पर मैं अत्यंत भावुक और आनंदित हूं भगवान श्रीराम के भक्तों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं इस मंगल घड़ी के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सभी राम भक्तों का अभिनंदन करता हूं

इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए नागरिकों से अनुरोध किया कि वे कोरोना से स्वयं को बचाए और सावधान रहें श्री चौहान ने कहा है कि सरकार इलाज व स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था कर रही है लेकिन आम जन को भी कोरोना से बचाव के प्रयासों में अपना योगदान देना चाहिये

किसान उत्पादक संगठन सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी आदि योजना का लाभ उठा सकते हैं इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल उद्यमी मित्र पर आवेदन दे सकते हैं केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा एनीमल हसबेण्डरी इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड के तहत राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव जे एन कंसोटिया ने बताया कि इस योजना से घरेलू बाजा में गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उपलब्ध हो सकेगा वहीं उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी योजना में पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जायेगा

राजधानी भोपाल समेत करीब आधा दर्जन स्थानों पर आज सुबह में हल्की बारिश हुई है अगले चौबीस घंटों के दौरान भी राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है